राज्यपाल राम नाईक ने विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में सरकार के कार्यो पर प्रकाश डाला राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी बहजन समाज पार्टी और कांग्रेस के सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाये विपक्ष के लोगों ने अपने हाथों में किसानों और आम जनता की दिक्कतों सम्बंधी नारे लिखे हुए बैनर और पोस्टर भी दिखाया राज्यपाल के अभिभाशण के दौरान विपक्षी विधायकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए विधानमण्डल में विपक्ष के हंगामे के बावजूद राज्यपाल ने अभिभाशण को पूरा पढ़ा विधानसभा अध्यक्ष इदयनारायण दीक्षित ने हंगामे के बीच अभिभाशण प्ररा पढ़ने पर राज्यपाल को धन्यवाद दिया बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाशण के दौरान विपक्षी विधायकों के हंगामे की निन्दा की श्री योगी ने कहा कि राज्यपाल राज्य के प्रतिनिधि और संवैधानिक प्रमुख हैं उन्होंने सपा सदस्यों के व्यवहार को गुंडों जैसा बताया और कहा कि इस पार्टी के सदस्य अपने तौर तरीकों में बदलाव नहीं ला रहे हैं श्री योगी ने कहा बजट सइन दलों का यह जो कृतसित प्रयास है यह इसबात को साबित करता है इनकी लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है और यह कैसे संवैधानिक संस्थाओंको कमजोर करने का कतसित प्रयास कर रहे हैं जिस प्रकार का आचरण इन दलों के द्वारासदन के अंदर किया गया है वह अत्यंत निंदनीय है हम सब उसकी भर्तसना करते हैं यहलोकतंत्र को कमजोर करने वाला है विधानसभा का बजट सत्र बाईस फरवरी तक चलेगा योगी सरकार अपना तीसरा बजट सात फरवरी को पेश करेगी

राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय भारत की एक सप्ताह की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे उनके साथ उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भी आया है इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज सवेरे मोनाको के शासनाध्यक्ष से मुलाकात की

इस बारे में मुख्य सचिव अनुप चंद्र पांडे ने कल रात अधिसूचना जारी की पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार और राज्य कर्मचारी संघ के बीच वार्ता विफल रहने के कारण यह कदम उठाया गया है

उन्होंने कहा कि खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है

अब तक ग्यारह लाख पैंसठ हजार आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा ग्यारह लाख ग्यारह हजार अभ्यर्थियों के खातों में प्रथम किस्त व दस लाख बावन हजार अभ्यर्थियों के खातों में दूसरी किस्त तथा आठ लाख तिरासी हजार लाभार्थियों के खातों में तीसरी किस्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है तथा आठ लाख तिरासी हजार आवासों का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है ग्राम्य विकास विभाग र्से प्राप्त सूचना के अनुसार आवासों के आवंटन में हर स्तर पर पूरी पारदर्शिता तथा आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं इसके अलावा लाभार्थियों को मानक के अनुसार समस्त लाभ एवं निर्मित आवासों में अन्य सुविधाएं सुलभ कराने के निर्देश दिये गये हैं लक्ष्य के विपरीत शेष आवासों को जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है

इस दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है

उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन आज प्रदेश भर में ओवर स्पीडिंग व ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ प्रभावी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है परिवहन आयुक्त ने बताया कि प्रतिवर्ष देश भर में सड़क दुर्घटना में लाखों लोग अपनी जान गवां रहे हैं सड़क दुर्घटना की भीषणता को देखते हुए इस वर्ष भारत सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय थीम पर मनाया जा रहा है